वित्तमंत्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा है कि देश की अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक हैं आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि वित्तीय क्षेत्रों से मिल रहे संकेत यह दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है उन्होंने बताया कि बाजार प्रंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार भी अधिक है

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना जरूरी है

उन्होंने कहा कि इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है इसके अलावा छोटे व्यापारियों और गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने और प्रदेश की आर्थिक सुदृढ़ता में योगदान देने के लिये विशेष जोर दिया गया है कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश कोरोना के संकट से उत्पन्न हुई चुनौती को अवसर में बदलने का एक उदाहरण है

यह ऋण ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में जमा किया गया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में निजी सेक्टर को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने लोगों से आहवान किया कि वे स्थानीय कारीगरों के बनाए गये सामान खरीदें जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके कार्यकम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये संकल्पित है यही कारण है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर योजना को लागू करने में प्रदेश का देश में पहला स्थान है गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई है

लोक प्रसारण दिवस लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है

इस दिन राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में रह रहे थे

जिला प्रशासन की ओर से नीति आयोग से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एक प्लान तैयार कर के आयोग को भेजा जाएगा

कंपनी के अनुसार इससे मिट्टी के लिए एक प्रमुख पोषक तत्व सल्फर की कीमत एक हजार रुपये प्रति टन कम हो जाएगी यह पोषक तत्व सभी प्रकार की तिलहन फसलों के लिए बहत महत्वपूर्ण है

जन आंदोलन युवा गीतकार सुरेन्द्र सेंधव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने मास्क पहनने और दो गज की दूरी का पालन करने की अपील की है

वहीं रायसेन के मण्डीदीप क्षेत्र में एक दिसम्बर तक सम्पूर्ण नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है निवाड़ी में भी जिला प्रशासन ने त्यौहारों के अवसर पर पटाखों का उपयोग कम से कम करने की अपील की है जबलपुर सहित कई अन्य जिलों से भी इसी तरह के समाचार मिल रहे हैं

प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धरतेरस मनाई जाएगी धनतेरस के साथ ही पांच दिवसीय दीपावली पर्व की श्रुआत हो जाती है जो रूपचौदस फिर दीपावली गोवर्धन पूजा तथा भाईदूज तक चलेगा धनतेरस के दिन आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी और धन के देवता कुंबेर के पूजन का विधान है आज इंदौर के षासकीय अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय में भगवान धन्वतरी के पूजन और निःषुल्क स्वास्थ्य षिविर का आयोजन किया गया सीहोर जिले में धनतेरस के पर्व पर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो के लोग खरीदी कर रहे हैं वहीं आगरमालवा टीकमगढ़ होशंगाबाद छिंदवाड़ा अशोकनगर डिंडोरी सहित प्रदेश भर के बाजारों में काफी चहल पहल देखी जा रही है

मानस प्रतिष्ठान भोपाल का तुलसी मानस प्रतिष्ठान श्यामला हिल्स स्थित मानस भवन परिसर में श्रीराम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना करेगा यह जानकारी कल तुलसी मानस प्रतिष्ठान की प्रबंध कारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री को दी गई इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक ऐसे केन्द्र का विकास सराहनीय है जो धर्म और आध्यात्म में रूचि रखने वालों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनेगा साथ ही युवा पीढ़ी को भी इससे दिशा मिलेगी

इसके अलावा जल संरक्षण के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिये ग्राम पंचायत पिपरिया गोपाल के सरपंच का भी पुरस्कार के लिये चयन किया गया है

जिला कलेक्टर ने नगरपालिका परिषद की बैठक में कहा कि राजस्व वसूली का कार्य तेजी से किया जाएगा